विधायक के भाई और भतीजे गिरफ्तार राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई दो हजार सात सौ सैंतीस

मैट्रिक का रिजल्ट आज दोपहर साढ़े बारह बजे होगा जारी

और पूरा प्रदेश लू की चपेट में

गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपन चक गांव में ट्रिपल मार्डर केस के मामले में कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेन्द्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय उनके भतीजे जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडेय विधायक के भाई सतीश पांडेय और एक अज्ञात के खिलाफ हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है प्राथमिकी दर्ज होने के बाद डीआईजी विजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडेय और उसके पिता सतीश पांडेय को गिरफ्तार किया है गौरतलब है कि रविवार को अपराधियों ने रूपन चक गांव में को एक ही परिवार के चार लोगों पर गोलीबारी की थी जिसमें तीन की मौत हो गयी थी जबकि एक गम्भीर रूप से घायल हो गया था प्रदेश में कोविड उन्नीस के पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ तिरसठ नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो हजार सात सौ सैंतीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नये मरीजों में पटना के बारह संक्रमित शामिल हैं सहरसा में इक्कीस बेगूसराय में सत्रह दरभंगा में तेरह कटिहार और सीतामढ़ी में ग्यारह ग्यारह मधुबनी में दस वैशाली और औरंगाबाद में नौ नौ भोजपुर में सात अररिया में छह गोपालगंज अरवल खगड़िया सुपौल भागलपुर और सारण में तीन तीन पॉजिटिव मामले आये हैं सात सौ उनतीस मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गयी है जबकि तेरह मरीजों की मौत हुई है इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख अड़तीस हजार आठ सौ पैंतालीस हो गयी है इनमें संतावन हजार सात सौ इक्कीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि इस महामारी से चार हजार इक्कीस लोगों की मृत्यु हुई है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त ढांचा स्थापित कर लिया गया है इन सुविधाओं को तीन श्रेणियों में समर्पित कोविड अस्पताल कोविड स्वास्थ्य केंद्र और कोविड देखभाल केंद्र में बांटा गया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इन कोन्द्रों मेंपर्याप्त संख्या में आइसोलेशन और आईसीयू बैड तथा अन्य सुविधायें मौजूद हैं

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट और एन नाईनटी फाइव मॉस्क से संबंधित घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इसकी पर्याप्तआपूर्ति की जा रही है देश में अब तीन लाख से अधिक पीपीई किट और एन नाईनटी फाइव मॉस्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय संस्थानों को एक सौ ग्यारह लाख एन नाईनटी फाइव मॉस्क और चौहत्तर लाख अड़तालीस हजार पीपीई किट दी गई हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में वृद्धावस्था विभाग में डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी है क्योंकि कोविड उन्नीस संक्रमण से उन्हें ज्यादा खतरा है

वाकिंग हो चाहे रेजिस्टिंग ट्रेनिंग हो चाहे योगा हो ब्रिदिंगएक्सरसाइज हो और खुश रहना है आपको ये नहीं समझना है दिस ट्रम इज नोट एक्चुअली सोशलडिस्टेंसिंग ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है आप वर्चुअल वर्ल्ड में मोबाइल हो चाहे कम्प्युटरके थ्रू अपने रिश्तेदार से बात करते रहें अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए क्योंकिआपका जो इम्युन सिस्टम है वो कम्पेरेटिवली यंग ऐज के मुताबिक वीक है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा हैकि पिछले चौबीस घंटों में कोरोना वायरस के कुल नब्बे हजार एक सौ सत्तर नमूनों की जांच की गई इसके साथ ही देश में अब तक तीस लाख तैंतीस हजार पांच सौ इक्यानवें लोगों की जांच की गई है इस बीच आईसीएमआर ने अब तक देश में चार सौ अठाईस सरकारी और एक सौ बयासी निजी जांच केन्द्रों को मंजूरी दी है अब तक छह सौ दस सरकारी और निजी जांच केन्द्रों को मंजूरी दी जा चुकी है प्रदेश में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों का आने का सिलसिला लगातार जारी है आज एक सौ आठ ट्रेनों के माध्यम से लगभग एक लाख सत्तर हजार यात्री देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार पहुंचेंगे इससे पूर्व प्रदेश में अब तक एक हजार एक सौ उनतीस ट्रेनों के माध्यम से साढ़े चौदह लाख से अधिक कामगार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं इधर रेल मंत्रालय ने देश भर में तीन हजार साठ से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाडियों के जरिये चालीस लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है रेलवे ने लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे कामगारों तीर्थ यात्रियों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए पहली मईसे श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं इन रेलगाड़ियों के अलावा नई दिल्ली से पन्द्रह शहरों के लिए विशेष अप और डाउन रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं पहली जून से दो सौ अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी चलाने की योजना है केन्द्र सरकार ने विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में एक सौ उनहत्तर उड़ानों को शामिल किया है दूसरे चरण के इस विस्तारित भाग में कल से नई उड़ानें शामिल की जाएंगी

खाड़ी देशों में फंसे नागरिकों की बढ़ती मांग और भारतमें राज्यों में उपलब्य पर्याप्त संगरोध सुविधाओं के आधार पर ही इन नई विमान सेवाओंको वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में जोड़ा गया है

दूसरे चरण में इस्तांबुल लागोस जैसे नए गन्तव्यों को शामिल कियागया था और अमेरिका और यूरोप के लिए उड़ानें भी बढ़ा दी गई थीं

जानी मानी अभिनेत्री विद्या बालन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है उन्होंने कहा कि स्वयं घर में रहकर लोगों को सुरक्षित रखने में योगदान दिया जा सकता है

लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सहायता से किसानों का जीवन आसान हुआ है कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में अपने अनुभव साझा किये

समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा के उपस्थिति में आज दोपहर साढ़े बारह बजे बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष अतिरिक्त प्रश्नों के कारण सफल होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत बढ़ने की संभावना है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने देश भर में दसवीं और बारहवीं की बाकी परीक्षाओं के लिए लगभग पन्द्रह हजार परीक्षा केन्द्र बनाने का निर्णय किया है मानव संसाधन विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी परीक्षाएं पहली ज़ुलाई से पन्द्रह ज़ुलाई तक आयोजित की जाएंगी इससे पहले सीबीएसई ने केवल तीन हजार केन्द्रों पर परीक्षाएं कराने का निर्णय किया था परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय इसलिए किया गया ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके और छात्रों को परीक्षा देने के लिए ज्यादादूर न जाने पड़े मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले ही घोषणा कर चुका है कि छात्र अपने नामांकित स्कूलों में ही परीक्षा देंगे

इसके अलावा छात्रों को परीक्षा केन्द्रों तक लाने के लिए परिवहन व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होगी बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं समूचे देश में होंगी जबकि दसवीं कक्षा की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली में होनी है

एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार दिलाने की व्यवस्था के लिए लगातार निर्देश दिये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग रोजगार उपलब्ध करने के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं श्री कुमार ने कहा कि वर्तमान में कोविड संक्रमण से सुरक्षा और प्रवासी श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव जरूरी है उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सभी जिलों के आइसोलेशन वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है उद्योग विभाग ने कौशल क्षमता के अनुसार पांच लाख पंचानवे हजार प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में पांच हजार आठ सौ सैंतीस कार्यस्थल चिन्हित किये हैं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि काम देने वाली दो हजार चार सौ सरकारी गैर सरकारी और निजी संस्थानों ने इन प्रवासी मजदूरों को काम देने के लिए अभी तक निबंधन कराया है रोजगार के लिए मध्रबनी में चार सौ बयालीस गया में तीन सौ सात मुजफ्फरपुर में तीन सौ बयालीस पश्चिम चंपारण में तीन सौ इकतालीस पूर्वी चंपारण में तीन सौ बत्तीस वैशाली में तीन सौ सोलह और नालंदा में दो सौ संतानवें कार्यस्थल चिन्हित किये गये हैं इसके अलावा अन्य जिलों में कार्यस्थल की मंजूरी दी गयी है तेज धूप और शुष्क पछुआ हवा के कारण प्ररा प्रदेश लू की चपेट में है राज्य के कैमूर बक्सर गया औरंगाबाद और रोहतास में तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि का अनुमान है लॉकडाउन के कारण छूट मिलने के बाद कई मार्केट कॉम्पलेक्स खुल गये है जबकि आज ज्वलेरी कपड़ा रेडिमेड दुकानें खुलेंगी जिला प्रशासन के निर्देश पर ये द्वकान मंगलवार गुरूवार और शनिवार को खुलेंगी इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमाईबाइल और निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें प्रतिदिन खोली जायेंगी वहीं शेष दुकानें ऑड इवन के फार्मूले के आधार पर खोली जायेंगी राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थी भी लॉकडाउन के बीच जून के पहले हफ्ते से दूरदर्शन के माध्यम से पहली से पांचवी कक्षा की पढाई कर सकते हैं इससे पहले छठी से लेकर बारहवीं कक्षा तक के बच्चों की पढाई दूरदर्शन बिहार पर की जा रही है लॉक डाउन के उल्लंघन को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है इस दौरान पूरे प्रदेश में दो हजार तीन सौ अड़सठ व्यक्तियों को लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वहीं अस्सी हजार गाड़ियों को जब्त किया गया है मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में एईएस का प्रकोप बढ़ गया है इसकों देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र न मुजफ्फरपुर सहित राज्य के दस जिलों को अलर्ट कर दिया है मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगौली चौक के समीप देर रात सड़क दुर्घटना में दो लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गयी जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है कोरोना की रोज दस हजार जांच होगी प्रभात खबर की सुखी है उद्योग महाप्रबंधकों ने पांच हजार आठा सौ सैंतीस कार्यस्थलों को दी मंजूरी इक्कीस दिनों के क्वारेंटीन के बाद पांच लाख पंचानवे हजार प्रवासी मजदूरों को रोजगार

विधायक के भाई और भतीजे गिरफ्तार राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई दो हजार सात सौ सैंतीस

मैट्रिक का रिजल्ट आज दोपहर साढ़े बारह बजे होगा जारी

और पूरा प्रदेश लू की चपेट में